मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने की घोषणा की शिक्षाकर्मियों ने जताया आभार

विकास यात्रा अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में कभी बदलाव नहीं होगा और न ही आरक्षण की व्यवस्था कभी बदलेगी श्री शाह ने आज छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के तहत अंबिकापुर में आयोजित आमसभा में यह बात कही श्री शाह ने केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मिली उपलब्धियों की सराहना भी की विकास यात्रा के तहत राज्यसभा सांसद श्री शाह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ रोड शो में भी शामिल हए यह रोड शो अग्रसेन चौक से पीजी कॉलेज ग्राउंड तक आयोजित किया गया आमसभा के मौके पर श्री शाह और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अभ्बिकापुर के राहल गुप्ता को भी सम्मानित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री शाह को पंडित दीनदयाल के तेलचित्र को प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है अंबिकापुर के शासकीय पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित आसमभा में राज्यसभा सांसद श्री शाह और डॉक्टर सिंह ने जिले की जनता को लगभग एक सौ पैंसठ करोड़ रूपये के विभिन्न निर्माण कायों की सौगात दी इस मौके पर पैंतीस हजार से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री और सहायता राशि का भी वितरण किया गया वहीं लगभग बाईस हजार किसानो के खाते में चौंतीस करोड़ रूपए के धान बोनस की राशि ऑनलाइन जमा कराई गई आमसभा के बाद श्री शाह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंबिकापुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं श्री शाह कल सुबह विमान द्वारा अंबिकापुर से दिल्ली लौट जाएंगे

उन्होंने कहा कि संविलियन के संबंध में जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लेकर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा अंबिकापुर में विकास यात्रा के तहत आयोजित आसमभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक गृणवत्ता में सुधार लाने के कार्य में शिक्षाकर्मियों की बड़ी भूमिका रही है उनकी मांगों को लेकर सरकार ने मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था इसकी रिपोर्ट उन्हें आठ जुन को मिल गई थी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शिक्षाकर्मियों के संविलियन का निर्णय लिया गया है संविलियन की घोषणा के बाद शिक्षाकर्मियों में उत्साह का माहौल है उन्होंने मुख्यमंत्री के फैसले को ऐतिहासिक बताते हए उनके प्रति आभार जताया है शिक्षाकर्मियों ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में फटाके फोड़े और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की नगरीय निकाय शिक्षक पंचायत मोर्चा के प्रांतीय संचालक वीरेन्द्र दुबे ने कहा है कि शिक्षाकर्मी पिछले तेईस सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे और अब उन्हें सफलता मिली है रमन के गोठ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज आकाशवाणी से प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता रमन के गोठ में कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही प्रमुख होती है इसलिए उनकी समस्याओं को हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि लोगों में व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत करने में प्रदेशव्यापी विकास यात्रा सफल रही है डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसानों को धान बोनस के रूप में सत्रह सौ करोड़ और तेंदूपत्ता बोनस के रूप में सात सौ करोड़ रूपए का भुगतान किया जा रहा है वहीं करीब तेरह लाख परिवारों को आबादी पट्ट दिए जा रहे हैं साथ ही छह लाख श्रमिकों को ढाई सौ करोड रूपए की सामग्री का भुगतान किया जा रहा है संचार क्रांति योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल करीब पचास लाख स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने इस महीने शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र को लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे

मिली जानकारी के अनुसार छह महिलाए शंखनी डंकनी नदी पर बने आंवराभाटा रेलवे ब्रिज को पैदल पार रही थी उसी समय तेज रफ्तार ट्रेन ने चार महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई दो अन्य महिलाओं ने किसी तरह नदी में कुदकर अपनी जान बचाई बताया जाता है कि ये महिलाएं कुपेर गांव की रहने वाली थीं ये सभी महिलाएं अपने एक संबंधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने कारली जा रही थीं माओवादी गिरफ्तार बीजाप्र जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है एसडीओपी खोमन सिन्हा ने बताया कि जिले से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी और जिला पुलिस बल की टीम सर्चिंग के निकली थी इस दौरान फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को पकड़ा गया इन पर हत्या का प्रयास लूटपाट जैसी विभिन्न वारदातों में शामिल रहने का आरोप है

भिलाई के सेक्टर नौ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तीजन बाई के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है उन्होंने तीजन बाई के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर कल शाम उनसे टेलीफोन पर बातचीत की और उनका बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की बात कही मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और सभी संबंधित अधिकारियों को तीजन बाई के स्वास्थ्य और उनके इलाज का पुरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि पद्म भूषण से सम्मानित तीजन बाई को कल दिल का दौरा पड़ने के बाद भिलाई के सेक्टर नौ अस्पताल में भर्ती कराया गया था जेईई एडवांस परिणाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा अग्रिम जेईई एडवांस्ड के परिणाम घोषित कर दिए हैं परीक्षा में इस वर्ष एक लाख पचास हजार छात्रों ने भाग लिया था परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पहली बार जेईई अग्रिम की परीक्षा पूर्णरूप से ऑनलाइन आयोजित की गई थी इस परीक्षा में भिलाई निवासी निमय गुप्ता ने राज्य में प्रथम और ऑल इंडिया रैंकिंग में अड़तालीसवां स्थान हासिल किया है बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों पर केंद्रित है इन चार वर्षों में केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़डा ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी इसी विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज रात साढे आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे मौसम छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है बंगाल की खाड़ी में इस समय कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इस वजह से प्रदेश के उत्तरी इलाको में कुछ स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा हो सकती है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई